कल प्रचार का आखिरी दिन है वहीं पूरा प्रदेश निकॉय चुनाव के रंग में रंगा नजर आ रहा है सभी प्रत्याशी और राजनीतिक दल जनसभाए और रोड शो के जरिए जनता का रुझान अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं स्टार प्रचारक भी लोगों से वोट मांग रहे हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य के विभिन्न हिस्सों में जनसभाएं कर राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मतदाताओं से भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं कांग्रेस कार्रवाई निकाय चुनाव के लिए जहां एक ओर प्रचार में राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं वहीं बगावत करने और अनुशासन का पालन न करने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है

प्रदेश ॅ कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकान्त धस्माना ने बताया कि कई अन्य लोगों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी इस बीच भाजपा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता पूरी एकजूट होकर प्रचार कर रहे हैं उन्होंने राज्य में कई जनसभाओं को संबोधित किया उधर पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी प्रचार में जूटे हुए हैं इसके अलावा उत्तराखंड क्रांति दल और आम आदमी पार्टी के नेता भी मतदाताओं को जनसभाओं और जनसंपर्क के जरिए अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं सीएम यूएनडीपी मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा तकनीकि शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में और अधिक ध्यान दिये जाने की जरूरत है देहरादून में यूनाईटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानि यूएनडीपी के सदस्यों से मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य पेयजल पुष्टाहार आदि के क्षेत्र में संचालित हो रहे कार्यक्रमों के संबंध में विचार विमर्श किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटी कार्यक्रम के तहत युवाओं में जागरूकता का प्रसार किया जा रहा है उन्होंने बच्चों में उद्यमशीलता और प्रोफेशनलिज्म के विकास पर ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया उन्होंने कहा कि युवाओं को सिर्फ नौकरी की मानसिकता से बाहर निकलते हुए उद्यमशीलता की ओर बढ़ना होगा

वहीं दल के सदस्यों ने बताया कि यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम है यह गरीबी कम करने आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करने का काम करता है यूएनडीपी का उद्देश्य लोगों को बेहतर जीवन बनाने में मदद करने के लिए ज्ञान अनुभव और संसाधनों को जोड़ना भी है

इस दौरान मुख्य सचिव ने यूएनडीपी र्स वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप आजीविका सौर पवन ऊर्जा लघुजल परियोजना के साथ ही स्वास्थ्य और पेयजल के क्षेत्र में प्रदेश में संचालित योजनाओं में तकनीकि सहयोग और दक्ष मानव संसाधन तैयार करने में सहयोग की अपेक्षा की मुख्य सचिव ने कहा कि हमारे पास आय के पर्याप्त स्रोत मौजूद हैं जिन्हें बढ़ाने के लिए यूएनडीपी से तकनीकि सहयोग की आवश्यकता है वहीं यूएनडीपी के कन्सल्टेंट जैकब जेसिमोनसेन ने प्रदेश में पर्यटन जलवायु परिवर्तन आपदा प्रबंधन एरोमेटिक प्लांट लघू उद्योग स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की ब्रॉन्डिंग आजीविका सुरक्षा आदि क्षेत्र में तकनीकि सहयोग की बात कही मौसम प्रदेश में मौसम का भिजाज बदल रहा है राज्य के कई क्षेत्रों में कल देर शाम बारिश हुई राजधानी देहरादून में भी कल रात हुई बारिश से मौसम सर्द हो गया है वहीं बागेश्वर में कल हल्की बारिश के साथ ही ओलावृष्टि भी हुई चमोली में निचले इलाकों में बारिश हुई तो बदरीनाथ हेमकुंड साहिब रुद्रनाथ औली समेत ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई ठंड बढ़ने से लोग सिर्फ जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकले लेकिन पर्यटकों ने हल्की बर्फबारी का लुत्फ उठाया आज कहीं कहीं धूप खिली रही और कुछ क्षेत्रों में हल्के बादल छाये रहे

मैदानी क्षेत्रों में देर रात और सुबह के समय कोहरा छाने की संभावना है

पिछले सालों में धीरे धीरे संख्या चार लाख से ऊपर आ गई

इस साल सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए सात लाख बत्तीस हजार यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे श्री अशोक कुमार ने बताया कि चारधाम यात्रा को सफल बनाने और श्रद्वालुओं की सुविधा के साथ सुरक्षा की दृष्टि से सारी व्यवस्थाएं बहुत सुदृढ़ की गई

सभी सरकारी अस्पतालों और अन्य स्थानों पर खोले गए जन औशधि केन्द्रों से मरीजों को दवाईयां सस्ती दरों पर आसानी से उपलब्ध हो रही हैं हरिद्वार जिले में भी लोगों को इनका लाभ मिल रहा है हरिद्वार के विकी अरोड़ा ने बताया कि जन औशधि केंद्र से सस्ते दामों पर दवाईयां भिल जाती हैं सस्ती दवाइयां मिलने से इलाज पर खर्च भी कम आता है रजत ठाकुर प्रधान मंत्री जन औशधि केंद्र से मिल रही सस्ती दवाओं से काफी खुडा हैं पहले जो दवाईयां उनको महंगी मिलती थी वही दवाइयां अब आधे दामों पर मिल रही हैं उनका कहना है कि लोग कई बार डॉक्टर को तो दिखा देते हैं लेकिन दवाइयों के लिए उनके पास पैसे नहीं होते ऐसे में जन औशधि केंद्र उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं जिला अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरती ढ़ोंडियाल ने बताया कि जन औशधि केन्द्र खूलने से मरीजों को काफी फायदा मिला है

जन औशधि केंद्र उन गरीबों के लिए सहारा बन गयी जिनके पास महंगी दवाईयां खरीदने के पैसे नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन औशधि योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है

अपर प्रलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि ये नतीजा एक सर्वे में आया है उन्होंने बताया कि सर्वे में पांच चीजों को पैमाना बनाया गया था जिनमें स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा आर्थिकी शिक्षा और सुरक्षा को शामिल किया गया था